झारखंड के रांची में प्रभात तारा ग्राउंड में आज सवेरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बदलते समय में रोगो से सुरक्षा के साथ साथ शरीर को स्वस्थ् रखने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा उन्होंने कहा कि योग अनुशासन और समर्पण है जिसका जीवनभर पालन किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग उम्र रंग जाति संप्रदाय नस्ल धन निर्धनता प्रांत और सीमाओं के अंतर से परे है उन्होंने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक योग का महत्व पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि योग निर्धन को रोगों और गरीबी से मुक्ति दिला सकता है योग ज्ञान कार्य और समर्पण का संपूर्ण रुप है उन्होंने योग से संबोधित अनुसंधान पर बल दिया

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे तन मन को स्वस्थ रखने के लिए ये एक बहुत प्रभावकारी माध्यम है उन्होंने कहा कि हमे योग को जन आंदोलन बनाकर गांव गांव तक ले जाना है उन्होंने कहा कि योग हमे अनुशासन भी सिखाता है और सचिवालय कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे समय पर कार्यालय आये योग दिवस के अवसर पर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने पापुम पारे जिले के यूपिया स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी एनआईटी के छात्र छात्राओं के साथ योगाभ्यास किया बड़ी संख्या में उपस्थित छात्रों के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि योगासन एक जरुरी विद्या है जिसके अनेक लाभ है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को अभूतपूर्व बताते हुए छात्रों से धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से उपर उठकर जीवन में योग अपनाने की अपील की उधर योग दिवस के अवसर पर राजधानी ईटानगर के सरकारी संस्थानों गैर सरकारी संगठनों और शिक्षण संस्थानों द्वारा भी योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर इंदिरा गांधी पार्क में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्क्रली बच्चों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और आम नागरिकों ने स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग के नेतृत्व में भाग लिया उधर केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सहित एन डी आर एफ सी आर पी एफ और केंद्रीय विद्यालय द्वारा संयुक्त रुप से योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग के नेतृत्व में जवानों और छात्रों ने योगाभ्यास किया जबकि राजधानी क्षेत्र के दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों ने योग सत्र में भाग लिया कार्यक्रम का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से किया गया था समारोह को संबोधित करते ब्यूरो के निदेशक डॉ केशवमूर्ति ने छात्रों को योग के महत्व की जानकारी देते हुए इसे अपने दिनचर्या में शामिल करने की अपील की इस मौके पर नाहरलगुन में भी स्पोटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य संगठनों की ओर से योगासन कार्यक्रम आयोजित किये गए राज्यभर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाये जाने की खबरे मिल रही है पासीघाट में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त डॉ किन्नी सिंह ने योग को मानसिक तनाव से मुक्ति का प्रमुख माध्यम बताया दापोरिजो में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त दानिश अशरफ के साथ सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया

राजीव गांधी विश्व विद्यालय दोईमुख रोनो हिल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संकाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया तवांग जिले के ब्रमला में भारत चीन सीमा पर दोनो देश के सैनिकों और कुछ नागरिकों ने एक साथ योगाभ्यास किया दायिंग ईरिंग की उनचासवीं प्रण्यतिथि के अवसर पर आज पासीघाट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया आधुनिक अरुणाचल के प्रणेता समाज सुधारक और राजनेता स्वर्गीय दायिंग ईरिंग को याद करते हुए स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार से उनकी पुण्यतिथि पर हर साल विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा विधेयक दो हजार उन्नीस को पेश किया विधेयक पेश होते समय सदन में शोर शराबा हुआ जैसे ही कानून मंत्रि रविशंकर प्रसाद विशेयक पेश करने के लिए खड़े हुए विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई श्री प्रसाद ने कहा कि नव निर्वाचित सदम में विधेयक फिर से लाया जा रहा है जो स्वीकृत नियमों के अंतर्गत सही है श्री प्रसाद ने कहा कि देश में तीन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और यह विधेयक महिलाओं को न्याय और अधिकार प्रदान करेगा